रेलवे द्वारा प्लास्टिक कचरा एकत्र करने के लिए कल से एक व्यापक श्रमदान अभियान चलाया जाएगा

चतुर्थ अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश विवेक कुमार वर्मा ने अग्रिम जमानत याचिका खारिज करते हुए अपने आदेश में कहा है कि यह प्रकरण भारतीय लोकतंत्र की आधारशिला और निष्पक्ष चुनाव पर कुठाराघात प्रकृति का है न्यायाधीश ने कहा है कि अजीत जोगी और उनके पुत्र षड़यंत्र की मुख्य कड़ी हैं और इस कड़ी के अभाव में इस घटना की संभावना क्षीण होती इसलिए अग्रिम जमानत की याचिका खारिज की जाती है गौरतलब है कि अजीत जोगी और अमित जोगी के खिलाफ इस मामले को लेकर राजधानी रायपुर के पंडरी थाने में मामला दर्ज है आयोग गठन प्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गो के सर्वेक्षण के लिए एक आयोग का गठन किया गया है यह आयोग जनसंख्या में इन वर्गो का सर्वेक्षण कर मात्रात्मक अनुसंधान एकत्र करेगा आयोग के अध्यक्ष के रूप में बिलासपुर जिला और सेशन न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश छबीलाल पटेल का मनोनयन किया गया है आयोग का कार्यकाल छह महीने का होगा और इस दौरान सरकार को प्रतिवेदन प्रस्तुत करना होगा सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव डॉक्टर कमलप्रीत सिंह ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है दंतेवाड़ा उप चुनाव दंतेवाड़ा विधानसभा उप चुनाव के लिए प्रचार प्रसार में तेजी आ गई है इस सीट पर तेईस सितंबर को उप चुनाव होंगे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज दंतेवाडा जिले के दौरे पर रहे यहां उन्होंने दो अलग अलग जगहों पर चुनावी सभाओं को संबोधित किया और पार्टी प्रत्याशी के पक्ष में वोट डालने की अपील की इस उप चुनाव के लिए कांग्रेस ने देवती कर्मा को अपना उम्मीदवार बनाया है दूसरी ओर भाजपा के वरिष्ठ नेता और राज्य विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने ग्राम बड़े करली में चुनावी सभा ली उन्होंने भाजपा प्रत्याशी ओजस्वी मंडावी की उपस्थिति में आमसभा को संबोधित किया परिवहन मंत्री मोटर एक्ट नया मोटर व्हीकल एक्ट को लेकर राज्य सरकार अभी भी परीक्षण कर रही है और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हए जनभावना के अनुसार इसे लागू करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं यह बात परिवहन मंत्री मोहम्मद अकबर ने आज रायपुर में पत्रकारों से चर्चा करते हुए कही उन्होंने कहा कि अभी भी इस एक्ट के तहत शुल्क जुर्माना और वसूली के तौर तरीकों पर अध्ययन किया जा रहा है नगरीय निकाय आरक्षण कार्यवाही राज्य के नगरीय निकायों में नगर पालिक निगमों के महापौर नगर पालिका परिषद् और नगर पंचायतों के अध्यक्षों के पदों के लिए आरक्षण की कार्यवाही परसों अट्ठारह सितम्बर को होगी इन पदों के लिए आरक्षण प्रक्रिया रायपुर स्थित शहीद स्मारक भवन में दोपहर बारह बजे से शुरू होगी नान घोटाला प्रदेश के बहचर्चित नागरिक आपूर्ति निगम नान घोटाले मामले में मुख्य आरोपी शिवशंकर भट्ट द्वारा लगाए गए आरोपों का भाजपा ने खंडन किया है रायपुर में एक पत्रकारवार्ता में पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता श्रीचंद सुंदरानी ने कहा कि इस घोटाले का मुख्य आरोपी राज्य सरकार के साथ मिलकर भाजपा के खिलाफ साजिश रच रहा है उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य सरकार आरोपियों को संरक्षण दे रही है और लोगों को भ्रमित करने की कोशिश की जा रही है इससे पहले कल शिवशंकर भट्ट ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए प्रदेश की पूर्व भाजपा सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए थे उन्होंने कहा था कि नान में राशन कार्ड में हई गड़बड़ियों को उजागर करने की वजह से ही घोटाले का आरोप उन पर लगाया गया इस बीच आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो द्वारा नान के लेखा अधिकारी चिंतामणि चंद्राकर को पूछताछ के बाद कल देर रात छोड़ दिया गया चिंतामणि चंद्राकर से करीब सोलह घंटे तक पूछताछ की गई राशन कार्ड आवेदन सामान्य परिवारों के लिए नये राशन कार्ड बनाने के लिए आवेदन जमा करने की कल अंतिम तिथि है सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत एपीएल परिवारों के लिए नये राशनकार्ड बनाने का काम बीते दस सितम्बर से चल रहा है इस कार्ड पर एक सदस्यीय परिवार को प्रतिमाह दस किलो चावल दो सदस्यीय परिवार को बीस किलो और तीन या अधिक सदस्यीय परिवारों को पैंतीस किलो चावल प्रतिमाह देने का निर्णय लिया गया है कार्ड बनाने का आवेदन ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत स्तर पर और शहरी क्षेत्रों में वार्ड स्तर पर संचालित केन्द्रों में मिल रहा है सामान्य परिवारों के आवेदकों को इन्हीं केन्द्रों में आवेदन पत्र भरकर परिवार के सभी सदस्यों का आधार कार्ड औरं मतदाता परिचय पत्र की फोटाकॉपी परिवार की मुखिया महिला की दो प्रति पासपोर्ट फोटो तथा दस रूपए आवेदन शुल्क के साथ जमा करना है

इसके तहत अब शहरी स्लम इलाकों में भी लोगों के इलाज के लिए मोबाइल मेडिकल टीम भेजी जाएगी फिलहाल यह योजना राज्य के वनांचलों और द्रस्थ इलाकों में लगने वाले हाट बाजारों में चल रही है यहां इलाज के अच्छे परिणाम को देखते हुए इसे शहरी स्लम क्षेत्रों में भी शुरू किया जा रहा है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नगर निगम क्षेत्र के जिला कलेक्टरों को इस संबंध में तैयारियां सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं रेलवे प्लास्टिक रेलवे द्वारा प्लास्टिक कचरा एकत्र करने के लिए कल से एक व्यापक श्रमदान अभियान चलाया जाएगा इस दौरान सभी रेलवे परिसरों से प्लास्टिक कचरा एकत्र किया जाएगा और एकल उपयोग प्लास्टिक के इस्तेमाल नहीं करने के लिए जागरूकता पैदा की जायेगी सभी मंडल प्रमुखों को दो अक्टूबर तक सभी चार हजार से अधिक रेलवे स्टेशनों पर प्लास्टिक बोतल निपटान मशीन लगाने को कहा गया है

मंडल रेल प्रबंधक कौशल किशोर की अगुवाई में स्वच्छता रैली निकाली गई इस मौके पर गांधी जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण भी किया गया मंडल रेल प्रबंधक सहित अन्य अधिकारियों ने श्रमदान किया और पौधरोपण भी किया गया उन्होंने रेलकर्मियों को स्वच्छता की शपथ दिलाई इस अवसर पर स्वच्छता का अविष्कार नामक नुक्कड़ नाटक भी खेला गया और स्काउट्स गाइड्स को पुरस्कृत किया गया इसी तरह बिलासपुर डीआरएम कार्यालय में स्वच्छता पखवाड़े के शुभारंभ अवसर पर जन जागरूकता पर आधारित विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया तीस सितंबर तक चलने वाले इस पखवाड़े के दौरान हर दिन अलग अलग थीम पर कार्यक्रम आयोजित होंगे साथ ही मंडल के सभी रेलवे स्टेशनों पर विज्ञापन के माध्यम से यात्रियों से स्वच्छता अपनाने और अन्य लोगों को जागरूक बनाने का अनुरोध किया जा रहा है हिन्दी पखवाड़ा पत्र सूचना कार्यालय पीआईबी में कल से हिन्दी पखवाड़ा मनाया जा रहा है भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय के तहत कार्य करने वाले पीआईबी और प्रादेशिक लोक संपर्क कार्यालय आरओबी में पखवाड़े के दौरान उनतीस सितंबर तक विभिन्न स्पर्धाएं होंगी इसी कड़ी में आज कार्यालय परिसर में राजभाषा हिन्दी के राज काज में अधिकाधिक प्रयोग पर एक संगोष्ठी हुई इसमें अपर महानिदेशक सुदर्शन पनतोड़े ने अधिकारियों और कर्मचारियों से अपील की कि सभी सामूहिक सार्थक और अथक प्रयासों से हिन्दी के प्रचार प्रसार तथा प्रयोग को नया आयाम देंगे करंट मौत रायगढ़ जिले के खरसिया स्थित एक ईट भट्टे में काम कर रहे तीन श्रमिकों की आज करंट लगने से मौत हो गई हादसे के बाद नाराज ग्रामीणों ने काफी हंगामा किया मिली जानकारी के मुताबिक ये कर्मचारी आरव फ्लाई ऐश फैक्ट्री में काम कर रहे थे फैक्ट्री के अंदर ही बिजली का खम्भा लगा हुआ है बिजली नहीं आने पर ये मजदूर ट्रांसफार्मर में सुधार कार्य कर रहे थे इसी दौरान अचानक शार्ट सर्किट हुआ और तीनों मजदूरों की झुलसने से मौके पर ही मौत हो गई घटना की जानकारी मिलते ही संयंत्र के अधिकारी और पुलिस मौके पर पहुंए गए फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है चिराग परियोजना विश्व बैंक की सहायता से छत्तीसगढ़ इन्क्लुसिव रूरल एण्ड ऐक्सलीरेटेड एग्रीकल्वर ग्रोथ प्रोजेक्ट चिराग का क्रियान्वयन राज्य में किया जाएगा परियोजना के पहले चरण में सरगुजा और बस्तर में कृषि क्षेत्र में सुधार के लिए कार्य किए जाएंगे साथ ही राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना नरवा गरूवा घुरवा और बाड़ी का उन्मुखीकरण विभिन्न विभागीय योजनाओं के समन्वय से किया जाएगा इस संबंध में छत्तीसगढ़ राज्य शासन की कार्ययोजना को जानने और समझने के लिए विश्व बैंक का उन्नीस सदस्यीय दल कल से राज्य के दौरे पर आया हुआ है आज मंत्रालय में अपर मुख्य सचिव केडीपी राव और विश्व बैंक के प्रतिनिधि मण्डल की एक बैठक हुई यह प्रतिनिधिमंडल इक्कीस सितंबर तक राज्य के दौरे पर रहेगा संक्षिप्त समाचार अब कुछ अन्य खबरें संक्षिप्त में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के रायपुर स्थित निवास में बुधवार अट्ठारह सितम्बर को सुबह ग्यारह बजे से जनचौपाल भेंट मुलाकात का आयोजन किया जाएगा

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को बधाई और श्भकामनाएं दी हैं